इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इस सपने को साकार करेगा

प्रधानमंत्री ने मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल का आहवान किया और कहा कि भारत को विश्व की जरूरतों से निपटने का प्रयास करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि भारत को मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आयात पर निर्भरता कम करना ही नहीं है बल्कि भारत की क्षमता सुजनता और कौशल को मजबूत करना भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकताएं हैं

यह पहला मौका है जब प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया

मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए भराड़ीसेंण में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल जाना और भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी स्वतंत्रता दिवस प्रदेश प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हरिदवार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने ध्वजारोहण किया आज ही से हरिद्वार में नशा मुक्ति अभियान की श्रुआत भी की गई साथ ही कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया पौड़ी जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डा हरक सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग दवारा संचालित किये जा रहे नशा मुक्ति अभियान का श्रभारंभ किया गया नई टिहरी में आयोजित सामूहिक ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ध्वजारोहण किया अल्मोड़ा में स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया गया कलेक्ट्रेट प्रांगण में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे चंपावत जिले में कलेक्ट्रेट परिसर के साथ ही पाटी बाराकोट पूर्णागिरि और लोहाघाट तहसील कार्यालयों समेत विभिन्न्न शैक्षिक संस्थाओं सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वजारोहण कर मिठाइयां बांटी गई इसके साथ ही पिथौरागढ़ नैनीताल बागेश्वर उधमसिंह नगर समेत अन्य जिलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कोरोना योदधाओं को सम्मानित किया गया इस बीच भाजपा और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया

हॉस्पिटल में टेली मेडिसन की सुविधा प्रदान की जायेगी भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में मिनी सचिवालय की स्थापना की जायेगी भराड़ीसैंण क्षेत्र में पम्पिंग पेयजल लाईन का निर्माण भी कराया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण ब्लॉक में कृषि विकास के लिए कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना भी की जायेगी

इस दौरान प्लिस अधिकारी विधायक और अन्य नेता भी उपस्थित रहे कार्यक्रम में सामाजिक द्री का प्रा ख्याल रखा गया आपको बता दें कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर म्ख्य कार्यक्रम परेड ग्राउंड में नहीं हआ इससे पहले म्ख्यमंत्री ने अपने आवास पर भी ध्वजारोहण किया स्वतंत्रता दिवस देहरादून राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में ध्वज आरोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हए कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का आहवाहन किया है हमारी य्वा पीढ़ी को शिक्षा के साथ ही रोजगार के क्षेत्र में कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है उत्तराखंड विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने झंडारोहण किया विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम में आहति देने वाले तमाम वीर सपूतों शहीदों और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया उधर सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दीं प्लिस मुख्यालय में प्लिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने ध्वजारोहण किया उन्होंने उत्कृष्ट और सराहनीय काम करने वाले प्लिसकर्मियों को सम्मानित किया गंदगी भारत छोडो प्रधानमंत्री के आहवान पर स्वतंत्रता दिवस की सुबह हरिद्वार में गंगासेवियों ने साइकल रैली निकालकर गंदगी से आज़ादी का संदेश दिया

इस रैली के जरिए गंदगी मुक्त भारत और गंदगी भारत छोड़ो के नारों के साथ फ़िट इंडिया का संदेश भी दिया गया शौर्य चक्र सम्मान अल्मोड़ा जिले के स्याल्दे तहसील के महरगांव निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को आज शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया वे वर्तमान में सेना के प्रथम पैरा रेजिमेंट में पठानकोट में तैनात हैं उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों सहित उनके पैतृक गांव महरगांव तल्ला में खुशी की लहर है लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को पांच साल पहले सेना मेडल के अलावा मेन्शन इन डिस्पैचेस से भी सम्मानित किया गया है

उनके पिता गोपाल सिंह रावत रक्षा मंत्रालय से चार साल पहले प्रधान निजी सचिव पद से रिटायर हुए

जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने बताया कि निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में आरटी पीसीआर लैब तैयार हो च्की है यहां जांच के लिए एक मशीन पहुंच च्की है अभी जो उपकरण नहीं पहुंच पाये है उनका वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है एक सप्ताह के अन्दर ये सभी उपकरण आरटी पीसीआर लैब में पहुंच जाएंगे जिलाधिकारी ने बताया कि लैब में एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट की निय्क्ति की जानी है जिसके लिए शासन से बात की जा रही है उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि इस लैब को अगस्त के अंतिम सप्ताह तक शुरू कर दिया जाएगा